उन्होंने आज सुबह शिमला में अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा बाद में अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दियाहै लेकिन भाजपा विधायक के तौर पर वे अगले साढ़े तीन वर्षों तक मण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहेंगे अनिल शर्मा ने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को बिना मुख्यमंत्री का सहारा लिए चुनाव जीतना चाहिए उल्लेखनीय है कि हाल ही में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस द्वारा उनके पुत्र आश्रय शर्मा को मण्डी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अनिल शर्मा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है अपने गृह क्षेत्र सराज के दौरे के दौरान उन्हें दूरभाष पर इस संबंधी जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से बात कर इसे स्वीकार किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा को पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि मंत्री रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणियां की वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं थी जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा पर्दे के पीछे अपने बेटे के लिए काम कर रहे थे जबकि उन्होंने कहा था कि वे किसी के लिए काम नहीं करेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वे किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनका कैबिनेट सहयोगी कांग्रेस के लिए काम करें कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस के शिमला संसदीय क्षेत्र की आम सभा आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिह विद्या स्टोक्स कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल सहित क्षेत्र के सभी अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे कुलदीप राठौर ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब एकजुट होकर देने का सभी से आहवान किया बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी को चुनाव में एकजुटता के साथ कार्य करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और किसी भी स्तर पर अवहेलना नहीं होनी चाहिए कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये चुनाव व्यक्ति की नहीं एक विचारधारा की लड़ाई है और सभी का एकजुट होना जरूरी है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से चुनाव के दौरान पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया बाद में वीरभद्र सिंह ने पार्टी मुख्यालय में चुनाव के दृष्टिगत स्थापित मीडिया वार रूम का अवलोकन भी किया

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पैकेजिंग पलास्टिक के कचरे के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत बताई है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का आज शुभारंभ करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही

राज्यपाल ने कहा कि पयार्वरण के लिए घातक पॉलिथीन के उन्मूलन के लिए जागृति पैदा करना जरूरी है उन्होंने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने और पॉलिथीन को सड़क सीमेंट और ईंट निर्माण जैसे कार्यो में उपयोग में लाने की बात कही

उधर सोलन के आईटीआई संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को वोट के महत्व और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक किया गया